आईसीएमआर ने कहा है कि भारत बायोटेक इन्टरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर ये टीका तैयार किया गया है वहीं जायदस केडीला नाम की कम्पनी भी जाईकोव डी नाम का टीका तैयार करने में लगी है भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकडा वैश्विक औसत से अभी भी काफी कम है

मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस बीमारी से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में काफी विस्तार किया गया है इनमें ऑक्सीजन आईसीयू और वेन्टीलेटर की सुविधाएं शामिल हैं

आज छह मरीजों की कोरोना से मृत्यु हुई है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए सिलेबस को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और द्निया में असाधारण स्थिति है

सरकार ने कहा कि जब तक विद्यालय फिर से न खुल जाए तब तक विद्यार्थियों से न फीस ली जाए और ना ही उनका नाम काटा जाए

राजस्थान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कियान्वयन में देश का पहला राज्य बन गया है ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में किसानों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है